सूक्ष्म लघ् और मध्यम उपकम मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि उनका मंत्रालय ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर और बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करेगा

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ी है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रामाणिकता के कारण अन्य चैनलों से बहुत आगे है प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि मी समारोह में मौजूद थे

कल असम में जोरहाट हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद इस विमान से सम्पर्क दूट गया था

वायुसेना विमान की तलाश में सेना और अन्य एजेन्सियों का सहयोग ले रही है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से बातचीत की रक्षामंत्री ने एक ट्वीटे में बताया कि एयर मार्शल भदौरिया ने उन्हें लापता विमान की तलाश के लिए किये गये उपायों की जानकारी दी

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने लोगों से पौधा लगाने की सेल्फी लेकर मेजने का भी अनुरोध किया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 राज्यपाल कल्याण सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाए दी है उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समी को मिल जुलकर प्रयास करने होगें दौसा में आज पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई राजधानी जयपुर में कल रन फोर एन्वायरमेंट रैली का आयोजन किया जाएगा

श्री डोटासरा ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में शाला दर्पण के इंटीग्रेटेड पोर्टल के लोकापर्ण के बाद ये बात कहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि शिक्षा में राजनीति नहीं हो तथा सभी स्तर पर पारदर्शिता रखी जाए इस पोर्टल पर शिक्षा विभाग से जुडी कई जानकारियां उपलब्ध होंगी

झालावाड़ जिले के झालारापाटन सुनेल चोमैला और खांनपुर कस्बो में आज सुबह कई जगहों पर बुरहानी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी वहीं डूगरपुर मे भी दाउदी बोहरा समाज ईदुलफितर मना रहा है गौरतलब है कि डूंगरपुर जिले की गलियाकोट में बोहरा समुदाय की सबसे बडी मस्जिद है और जिले में बडी संख्या में बोहरा समाज के लोग रहते है चांद दिखने पर कल या छह जून को ईद मनाई जाएगी

वे कुछ समय पूर्व राज्य विधानसभा चुनाव में खींवसर से विधायक चुने गए थे और हाल ही सम्पन्न हुए लोकसभा चुनाव में नागौर से सांसद निर्वाचित हुए हैं ऐसे में उन्हें दोनों में से किसी एक पद से इस्तीफा देना था उन्होंने आज दोपहर विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी से मुलाकात की और विधायक के रूप में अपना त्यागपत्र सौंपा

हालांकि इनका खतरा अभी तक बरकरार है

संगठन के उप निदेशक केएल गूर्जर ने बताया कि मौसम में यदि बदलाव हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर टिड्डियों का हमला हो सकता है उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि भारत पाक सीमा क्षेत्र में टिडि्डयों के प्रजनन वाले स्थानों पर समय रहते कीटनाशक का छिडकाव कर दिया जाए ताकि इनकी संख्या बढ़ नहीं पाए

सभी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी निमाएं और सभी कार्यालयों द्वारा अपने विमाग तथा क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए

इस सप्ताह इससे राहत नहीं मिलने की संभावना है वहीं पेयजल संकट भी बढ़ता जा रहा है इसके साथ लू चलने से लोग बेहाल हो रहे हैं और शहरो में दोपहर में सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं

हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान मुश्तैदी के साथ सीमा की चौकसी कर रहे हैं